जमषेदपुर के एमजीएम कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तेरह हजार लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन के मद्देनजर प्रवासी लोगों से घरों में रहने की फिर से अपील की कहा हेल्पलाइन नबंरों पर लें जरूरी मदद चैती छठ में छठव्रतियों ने सोषल डिस्टेंसिंग का किया पालन स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लॉक डाउन और सरकार की गाइडलाइंस का शत प्रतिषत अमल करने का निर्देष दिया है

उन्होंने कहा कि विकसित देषों के मुकाबले में अपने देष में कम मामले हैं उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना वायरस की जांच के लिए पूरे देष में अभी एक सौ पंद्रह सरकारी और सैंतालिस निजी लैब अधिकृत हैं देष में कोरोना संक्रमित एक हजार एकहत्तर सकिय मरीज हैं पिछले चौबीस घंटे में बहत्तर नये मरीज सामने आये हैं जबकि इतने ही समय में चार लोगों की मौत हुई है संवाददाता सम्मेलन में मौजूद गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिया श्रीवास्तव ने कहा कि सभी राज्य मजदूरो के लिए खाने और रहने की व्यवस्था सुनिष्चित करें

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि जिला प्रषासन चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को अस्पताल के पास रहने की व्यवस्था सुनिष्चित करें साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मौजूदा स्थिति में मकान मालिक उनसे किराया न वसूलें उनके साथ मकान मालिक क्षल व्यवहार करें उन्होंने कहा कि अस्पताल के पास मेडिकल हॉस्टल को आइसोलेषन वार्ड के रूप में तैयार करने के कार्य जिला प्रषासन सुनिष्चित करे वहीं गृह मंत्रालय ने विभिन्न उद्योग द्कान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित सभी नियोक्ताओं को अपने कामगारों के पारिश्रमिक में कटौती न करने और नियत समय पर भुगतान करने को भी कहा है वहीं मकान मालिकों को भी कामगारों से एक महीनें का किराया नहीं लेने का निर्देष दिया गया है पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम कॉलेज अस्पताल में आज स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने तेरह हजार लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू हो जाने से एमजीएम अस्पताल के पांच सौ बेड के साथ साथ पूरे जमशेदपुर के लिए यह प्लांट उपयोगी होगा मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया उन्होंने बताया कि आइसोलेशन वार्ड के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे जरूरी है कोरोना वायरस के रोगियों के लिए वेंटीलेशन में ऑक्सीजन सबसे जरूरी है उन्होंने कहा कि आई सी एम आर के तहत अनुमति गयी है अब धनबाद स्थित पी एम सी एच और रांची के इटकी में भी इस तरह की दो मशीनों का स्टॉल स्थापित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि झारखंड में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है स्वास्थ्य विभाग और आपदा विभाग पूरी तरह से सक्रिय है स्वासथ्य मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य और सभी जिलों की सीमाओं को सील कर दिया गया है केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सेवा बहाल है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

आगामी दो मई से होने वाली सीए फाउंडेषन और इंटरमीडिएट की फाइनल परीक्षा स्थगित कर दी गयी है अब यह परीक्षा जून में होगी आई सी ए आई ने परीक्षा की नयी तिथि की घोषणा भी कर दी है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देष के सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे समन्वय स्थापित कर फंसे हए लोगों की मदद करें श्री सोरेन ने देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे झारखण्ड वासियों से आग्रह किया है कि अभी लॉक डाउन की वजह से उनकी वापसी मुश्किल है राज्य सरकार उनतक मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से घबरायें नहीं घर पर रहें और सुरक्षित रहें इस संदर्भ में श्रम विभाग ने दस हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं जिस पर संपर्क कर लोग सरकार से सहायता मांग सकते हैं

कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में सभी लोगों से स्वेच्छा से दान करने की अपील की है इसके तहत लोग दान की राषि चेक और ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं

हजारीबाग जिले के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने लॉक डाउन के दौरान भूख से परेषान ठेला खोमचा वालों और दैनिक मजदूरों के लिए नमो आहार भोजन की व्यवस्था की है विधायक जायसवाल ने अपने कार्यालय को किचन के रूप में तब्दील कर दिया है यहां सैकड़ों लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हए भोजन कराया जा रहा है

सिमडेगा जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्थापित जिला नियंत्रण सेंटर में लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं उपायुक्त मृत्युंजय क्मार बर्णवाल ने कहा कि अबतक जिले और जिले से बाहर के लगभग एक सौ पचास लोगों ने संपर्क किया है उन्होंने बताया कि जिला नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कियाषील है

लोहरदगा जिले में लॉकडाउन प्रभावी ढंग से लागू है जिले में किराना दवा गैस एजेंसी और बैंक जैसी आवष्यक सेवाएं खुली हुई हैं जरूरतमंदों के बीच विभिन्न थाना क्षेत्रों में भोजन की निःषुल्क व्यवस्था की गयी है जिले के पुलिस अधीक्षक प्रियदर्षी आलोक ने बताया कि जिला प्रषासन ने आपदा राहत केंद्र की स्थापना की है सदर अस्पताल में लोगों ने रक्तदान भी किया है पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ललित नारायण स्टेडियम में सब्जी बाजार लगाने की अनुमति दी गयी है जहां लोग सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी कर रहे हैं रामगढ़ जिले में लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज सामुदायिक किचन की शुरूआत की इस सामाजिक कार्य में पुलिस अधीक्षक के साथ साथ समाज सेवी भी सहयोग कर रहे हैं रामगढ़ जिले में उत्तर प्रदेष के र्मिर्जापुर से लगभग सत्तर लोग फंसे हुए हैं वैसे लोगों के लिए दादी जी का किचन भी सहायक साबित हो रहा है कोडरमा जिले के झुमरी तलैया स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के बीच आज मध्याहन भोजन का चावल का वितरण किया गया लॉक डाउन के दौरान स्कूली बच्चों को खाने की समस्या ना हो इसको लेकर षिक्षकों ने बच्चों के मोहल्लों में जाकर कक्षा एक से लेकर पांचवी तक के छात्रों को चावल वितरित किया चावल लेने आए छात्र छात्राओं को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने की सलाह दी गई और स्वच्छता के अनुपालन और हाथ धोने की विधि भी बताई गई गुमला जिले में लोग लॉक डाउन के दौरान सरकार के दिषा निर्देषों का अनुपालन गंभीरता से कर रहे हैं हालांकि लॉकडाउन के कारण दिहाडी मजदूरों और रिक्शा चालकों को थोड़ी परेषानी हो रही है सरकार की ओर से ऐसे लोगों के लिए कई कदम उठाए गए हैं लेकिन अभी इनके सहयोग के लिए शहर के कुछ युवा व्यवसायी आगे आए हैं जो प्रतिदिन दो सौ परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं फोन कॉल आते ही जरूरतमंदों तक तीन साथी मिलकर उनके घर तक इन खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति करा रहे हैं सरायकेला जिले में कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता के साथ चैती छठ महापर्व मनाया गया कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लोगों ने अपने घरों में ही छठ का व्रत किया और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हए अर्घ्य दिया

संक्षिप्त खबरें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के अस्पतालों में पूरे शरीर को ढंकने वाले तीन लाख चौंतीस हजार व्यक्तिगत सुरक्षा ड्रेस उपलब्य हैं चार अप्रैल तक ऐसी तीन लाख अतिरिक्त ड्रेस विदेश से उपलब्ध हो जाएंगी खूंटी में लॉकडाउन के दौरान चेकिंग अभियान के दौरान एक स्कूटी सवार व्यक्ति के पास से तीस लाख नगद बरामद किये गये अनुमंडल पदाधिकारी ने व्यापारी को पूछताछ की और पैसे फिर से बैंक में जमा करने का निर्देश दिया द्मका जिले के षिकारीपाड़ा पुलिस ने फेसबुक और वाहटसप पर झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेष उरांव की माता के निधन पर शोक जताया है